अयोध्या उच्च्तम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार संबंधी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने तीन याचिकाओं पर विचार कर इन्हें निराधार करार दिया

न्यायालय ने इनमें से उन्हीं चार पक्षकारों की याचिकाओं पर विचार किया जो आरम्भ से इस मामले में पक्षकार रहे हैं इन याचिकाओं को खारिज किये जाने के साथ अब याचिकाओं पर ख्ली अदालत में सुनवाई की संभावना भी खत्म हो गई है

सम्मेलन के दौरान विभिन्न उपसमृह अनुसंधान को प्रोत्साहन छात्रो के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन उद्योग शैक्षणिक जगत के बीच संबंध विकसित करने पर प्रस्तुति देंगे

विधेयक प्रस्तत करते हए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधायका में आरक्षण ने इन समुदायों के लोगों को सशक्त बनाया है और इस वर्ग के अनेक प्रमुख लोगों ने देश की महत्वपूर्ण सेवा की है

सीएम बैठक प्रदेश में संगठित अपराधों को रोकने माफियाओं के खिलाफ मुहिम तेज की जायेगी और इसके लिये अलग से सख्त कानुन भी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में इंदौर भोपाल ग्वालियर और जबलपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रदेश को हर प्रकार के माफिया से मुक्त देखना चाहते हैं इसलिये इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाना चाहिये प्रदेश कांग्रेस ने अपराधों की रोकथाम के लिये मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है पार्टी की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा उपाध्यक्ष अभय दुबे और मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलुजा ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस पहल से प्रदेश को न सिर्फ माफिया से निजात मिलेगी बल्कि लोग अपने आपको और भी सुरक्षित महसुस करेंगे

राजधानी की बड़ी झील में आयोजित इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में इसके आयोजन पर प्रसन्नता जताई उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को श्भकामनाएं देते हए कहा कि राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये लगातार काम कर रही है इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं

आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने खिलाड़ियों को बधाई दी मौसम उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के बाद मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है आज राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि हई राजधानी में सुबह से ही बादल छाये रहे जबकि शाम को तेज बारिश हुई हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया कि यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश से ठंड बढ गई है

सागर सहित जिले के कृछ इलाकों में हल्की बारिश हुई छतरपुर जिला मुख्यालय सहित खजुराहो और राजनगर में भी बारिश हुई इस महावटी बारिश से गेहूं सरसों चने की फसल को लाभ होने का अनुमान है राज्य के अन्य जिलों से प्राप्त समाचार के अनुसार मुरैना श्योपुर और सतना में भी आज सुबह से ही बादल छाये रहे और कई स्थानों पर बारिश भी हुई मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है